बजट में कारोबारी सुगमता उद्यमिता और जमीनी स्तर पर सम्पदा सुजन पर ध्यान दिये जाने की संभावना है वित्त मंत्री इस बजट में आर्थिक वृद्वि दर बढाने और युवाओं के लिए अधिक अवसर सुजित करने के उपायो की घोषणा कर सकती है

वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति संतुलित रही है जिसके कारण वित्त मंत्रालय के उत्तरदायित्व और उससे अपेक्षाओं में भी वृद्धि हुई है

सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया है श्री कोविंद ने कल से शुरू हए संसद सत्र के पहले दिन केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया

डॉक्टरों की टीम इनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करेगी इस बीच केन्द्र सरकार ने वायुजनित रोगों से बचाव के लिए कपडे और मास्क सहित ऐसी सभी वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है जो शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग की जा रही है कोरोना वायरस के फैलने के कारण ऐसे उत्पादों की मांग में संभावित बढोतरी को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के दूसरे संदिग्ध मरीज की पुणे लैब से आई जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार ने बताया कि इस बीच बीकानेर जिले में चीन से आये तीन यात्रियों ने कल पीबीएम अस्पताल में सम्पर्क किया इसी तरह उदयपुर जिले के सलुंबर से भी एक रोगी ने अस्पताल में सम्पर्क किया है इन्हें आरएनटी मेडिकल कॉलेज के संलग्न अस्पतालों में आईसुलेशन वार्ड में भर्ती कर जांच के लिए सैम्पल पुणे लैब भेजा गया है

परिवादी ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज की थी कि आरोपी सीजीएसटी अधीक्षक उसके माल से भरे वाहनों को रोककर चालान काटने की धमकी देता है और पिछले कई दिनों से मासिक बंधी देने की मांग कर रहा है सत्यापन में शिकायत सही मिलने पर एसीबी ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

हड़ताल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कल कामकाज प्रभावित हुआ बैंक कर्मचारियों के संगठन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं हड़ताल से नकदी जमा और निकासी चैक क्लीरेंस और कर्ज वितरण जैसी सेवाए प्रभावित हो रहीं है